आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लघंन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरूद्वारा और किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेशभर में प्रचार अभियान तेज हो गया है दोनो ही प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर वोट मांग रहे हैं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर आज नुरपूर में महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे जबकि अनुराग ठाकुर गगरेट में युवा मोर्चा व चिंतपूर्णी मंडल में महिला मोर्चा के सम्मेलन में शिरकत करेंगे इसी तरह मंडी ससंदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा कुल्लू के विभिन्न हिस्सों में वोट मांगेंगे जबकि शिमला सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप नालागढ़ व दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे दूसरी ओर कांगड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल बैजनाथ में चुनाव प्रचार करेंगे जबकि शिमला संसदीय सीट पर पार्टी उम्मीदवार धनीराम शांडिल रोहड् चिड़गांव व गुम्मा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिकरत करेंगे मंडी सीट पर पार्टी उम्मीदवार आश्रय शर्मा बल्ह में चुनावी प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे इधर जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा है कि शिमला जिला में बिना प्रमाणिकरण कामगार नहीं रखे जायेंगे उन्होंने कहा कि इस बारे में ठेकेदारों को निर्देश जारी कर दिये गए है राजेश्वर गोयल ने कहा कि निष्पक्ष व सुगम चुनाव प्रकिया के चलते ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि ठेकेदार व व्यवसायी ऐसे किसी भी प्रवासी या श्रमिक को काम पर नहीं रखेंगे जब तक उसने अपने संबध में पुलिस को सूचना न दी हो उन्होंने बताया कि आम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत ये आदेश जारी किये गए हैं जो दो महीने तक लागू रहेगें मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने मतदाताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है मुख्य सचिव कल धर्मशाला में मतदान के लिए जागरूकता बाईक रैली को हरी झण्डी दिखाने के मौके पर बोल रहे थे

साथ ही दिव्यांगों को मतदान केन्द्र तक ले जाने के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक वाहन व्यवस्था की जानकारी भी दी चैत्र नवरात्रे के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप बइमचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है ब्रह्मा जी की शक्ति होने से मां का ये स्वरूप ब्रहमचारिणी के नाम से प्रसिद्व है ब्रहमचारिणी ज्ञान वैराग्य और ध्यान की देवी मानी जाती है इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है राजधानी शिमला के प्रसिद्व कालीबाड़ी व तारादेवी मंदिर में माहौल भक्तिमय बना हुआ है और लोग मां के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं श्रद्दालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाक्र के नाम की घोषणा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है कांग्रेस ने रामलाल ठाकुर को बनाया प्रत्याशी अमर उजाला व दिव्य हिमाचल का एक जैसा शीर्षक है हमीरपूर से अनुराग के खिलाफ रामलाल दैनिक जागरण के शब्द हैं लम्बी जदोजहद के बाद घोषित हुआ नाम हिमाचल दस्तक लिखता है कांग्रेस ने तय किया नाम नैनादेवी से विधायक है रामलाल ठाक्र आपका फैसला के मुताबिक सस्पेंस खत्म हमीरपुर सीट से कांग्रेस ने रामलाल को उतारा

कोर्ट के निर्देश के तहत तबादला करते समय आयोग की इज़ाजत लेने की जरूरत नहीं खबर को भी सभी अखबारों से प्रमुखता से प्रकाशित किया है आपका फैसला बतौर सांसद शांता कुमार लिखता है वीरमद्र सिंह और मैने नहीं बदली पार्टी सुखराम ने पार्टियां बदलकर प्रदेश को किया बदनाम

मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है मैदान तपे रोहतांग दर्रे पर अप्रैल में बर्फबारी कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से बागवानी को नुकसान कुछ इलाकों में आज बारिश के आसार अजीत समाचार की एक खबर है प्रदेशभर में चैत्र नवरात्रों की धूम कड़ी सुरक्षा में लाखों श्रद्वालुओं ने मां के चरणों में नवाया शीश